प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा इसमें भारत की चिंताओं का संतोषजनक समाधान नहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर सी ई पी में भारत के हिस्सा न लेने के फैंसले का किया स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गन्ना किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में विफल रहने पर अधिकारियों को लगाई फटकार

बैंकॉक में शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की बैठक में अनेक देशों के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरसीईपी समझौते के मौजूदा स्वरूप में उसके मार्गदर्शक सिद्वांत और आधारभूत भावना पूरी तरह से दिखाई नहीं देती उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का संतोषजनक रूप से समाधान नहीं करता इस स्थिति में भारत के लिए आरसीईपी समझौते में शामिल होना संभव नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण के साथ साथ मुक्त व्यापार के पक्ष में है भारत नियम आघारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्वीकार करता है बाद में बैंकॉक में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलो की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि देश के मुख्य मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा हमने आरसेप में शामिल न होने के अपने निर्णय से सदस्य देशों को अवगत करा दिया है हमारे शामिल न होने के कारणों से ये देश परिवित है आरसेप के स्पष्ट और संतुलित परिणामों के लिए हमारी स्थिति सिद्वान्तों पर आधारित थी

सुश्री ठाकुर ने कहा कि चीन और आसियान देशों के साथ आरसीईपी समझौता अपने मौलिक उद्देश्य को नहीं दर्शाता और इसका निष्कर्ष संतुलित नहीं है इससे पहले प्रधानमंत्री ने चौदहवें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया उन्होंने इन समस्याओं का साझा हल तलाशने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में शामिल न होने के भारत के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृढ़ नेतृत्व और देश के हितों की हर स्थिति में सुरक्षा का अदम्य निर्णय दिखाई देता है एक ट्वीट संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से भारत के किसानों डेयरी विनिर्माण फार्मास्युटिकल इस्पात और रासायनिक उद्योग क्षेत्र को सहयोग मिलेगा उन्होंने कहा कि अपने हितो के विपरीत जाकर समझौते में शामिल न होना स्वागत योग्य कदम है केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व की यू पी ए सरकार व्यापार के क्षेत्र में भारत के हितो की सुरक्षा करने में नाकाम रही थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियल इस्टेट कम्पनियों द्वारा आवास खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी के मामलों पर सरकार मूकदर्शक नहीं बन सकती है लखनऊ में कल राष्ट्रीय रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी जिससे इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास फिर से कायम हो सके सम्मेलन में केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि रियल इस्टेट नियंत्रण और विकास अधिनियम को लागू करना ग्राहकों के अधिकार के लिए बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही रियल इस्टेट ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया जायेगा केन्द्रीय पर्यावरण और जलवाय परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार उद्योगों को आजादी देने को तैयार है बशर्ते वे इसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें वे कल नई दिल्ली में भारत में रसायन उद्योग और पर्यावरणीय प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन दो हजार उन्नीस कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदृषण पर काबू पाने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जावड़ेकर ने संगोष्ठी में मौजूद लोगों और सभी हितधारकों से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा श्री जावड़ेकर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस दीपावली में आतिशबाजी में काफी कमी आई है फायर क्रेकर के विरोध में कितने भी सख्ती के नियम कोर्ट करे या सरकार करे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दो हजार बाईस तक दोगुना करने के सपने को पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिये भटकना नहीं पड़ेगा उनका पूरा गन्ना लिया जायेगा और किसानों को उपज का अच्छा मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है

श्री योगी कल बागपत में रमाना चीनी मिल के विस्तारीकरण के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस चीनी मिल की पेराई क्षमता दो हजार सात सौ पचास टीसीडी से बढ़ाकर पांच हजार कर दी गई है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सत्ताईस मेगावाट की एक को जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि मिल के विस्तारीकरण के बाद अब किसानों को अगले तीस सालों तक गन्ने को बचाने के लिये इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा खुशहाल है और पुलिस में भाई मतीजावाद की परम्परा समाप्त हो गई है श्री योगी ने कहा कि तेईस करोड़ जनता के हक पर कोई डाका नहीं डाल सकता उच्चतम न्यायालय ने कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगायी और कहा कि इसके कारण लोग अपना अनमोल जीवन गंवा रहे हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि न्यायालय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए राज्य सरकारों का दायित्व निर्धारित करेगा जिम्मेदारी तय करने के संबंध में पीठ ने पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को कल तक हाजिर होने के लिए तलब किया न्यायालय ने केन्द्र और संबंधित राज्यों को इस तरह की स्थिति से बचाव के लिए तीन सप्ताह के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया प्रदेश के पश्चिमी जिलों में वायू प्रदूषण की स्थिति खतरनाक बनी हुई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जुड़े प्रदेश के जनपदों में कल पूरे दिन ध्यंध छायी रही बागपत मेरठ और शामली जिलों के सभी स्कूलों में आज भी अवकाश घोषित किया गया है जलवायु विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों का कहना है कि आतिशबाजी के प्रद्षण से पूरा प्रदेश धूंध की चपेट में है इस दौरान मेरठ आगरा कानपुर लखनऊ प्रयागराज और वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहंच गया है कल लखनऊ का एक्यूआइ चार सौ था जो खतरनाक श्रेणी में आता है लखनऊ में भी पूरे दिन धूंघ छाई रही एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए लखनऊ सहित कई नगर निगमों द्वारा पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने सनिर्माण कार्यो पर पहले ही रोक लगा दी है सरकार ने मंडलायक्त को को प्रद्यण लेवल और कूड़े करकट को जलाने की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं साथ ही किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए कहा गया है उत्तर प्रदेश प्रदृषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जेपीएस रावौर ने बताया के एनसीआर क्षेत्र में सभी फैक्टियों मैं जनरेटर का प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश में यातायात विमाग और पुलिस को प्रदूषण कारी कारकों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सौपी गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के पहले ही निर्देश दे दिए हैं एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि अगले तीन चार दिन धुंध के हालात बने रहेंगे अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण चौदह कोसी परिक्रमा कड़ी सुरक्षा के बीच आज प्रातः शुरू हो गया जो कल सुबह तक चलेगा गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संघि बेला हाते ही लाखों श्रद्वालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा चौदह कोसी परिक्रमा उठाई इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओ ने सरयू में स्नान किया